केरल में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के अच्छे परिणाम के संकेत मिले प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए छोटे शहरों पर सरकार दे रही है ध्यान डिजिटल लेन देन को मिलेगा बढ़ावा

इस वर्ष का विषय है रेडियो और विविधता विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास जारी है मगर अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह प्रकोप और कब तक खत्म होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन के अलावा इस समय चौबीस देश कोरोना वायरस से प्रभावित हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्वभर के चार सौ से अधिक वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन किया था जिसने सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और अनुसंधान प्रयासों को तरीकें भी सुझाए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि कोरोना वायरस के लिए एक नया टीका हासिल करने में अभी कुछ महीने का समय लग सकता है इधर केरल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं क्योंकि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे ने अधिकारिक रूप से कोरोना वायरस से संक्रमित दूसरे रोगी के भी रोगमुक्त होने कीँ घोषणा कर दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले आठ महीने में केन्द्र की एनडीए सरकार के अनेक फैसलों से देश आत्मविश्वास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है नई दिल्ली में एक समारोह में इंडिया एक्शन प्लान दो हजार बीस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे चल चुका है श्री मोदी ने कहा कि केन्द्रीय बजट दो हजार बीस इस लक्ष्य को हासिल करने में मददगार होगा श्री मोदी ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए छोटे शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है इन शहरों में गरीब और मध्यम वर्ग के जरिये डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा कर संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कर प्रणाली को जन आधारित बनाने का बीड़ा उठाया है कहा ँ कि आय कर विकास कार्यो के लिए धन जुटाने का एक आवश्यक साधन है गृहमंत्री अभित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए दो दिवसीय बिम्सटेक सम्मेलन का आज नई दिल्ली में उद्घाटन किया बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी से जुड़े सात देशों का क्षेत्रीय संगठन है इसके सदस्यों में भारत के अलावा बंगलादेश भूटान म्यामां नेपाल श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को दागी उम्मीदवारों की सुची और चयन का कारण वेबसाईट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने निर्देश का पालन नहीं करने पर चुनाव आयोग को अनुमति दी है कि वह राजनीतिक दलों के खिलाफ यह जानकारी न्यायालय को अवगत कराये न्यायालय ने राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए राजनीतिक दलों के लिए गाईडलाईन जारी की है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक दो हजार बीस को मंजूरी दे दी है इसमें किसानों के हित और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग का प्रावधान है नई दिल्ली में कल सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह विधेयक संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जायेगा इससे देशभर में जैविक कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट दो हजार सोलह के पास अभ्यर्थियों ने जल्द सीधी नियुक्ति करने की मांग को लेकर कल राजधानी रांची में कैंडल मार्च किया अभ्यर्थियों ने दो हजार बीस में आयोजित होने वाले नई जेटेट परीक्षा का विरोध भी किया

मुख्य सचिव डीके तिवारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को अप्रैल माहीने में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है मुख्य सचिव ने इस अभियान में आगनबाड़ी सेविका सहायिका सहिया एएनएम और रोजगार सेवक की सेवा लेने को कहा है वे कल अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे मुख्य सचिव ने स्कूलों में नामांकन के दौरान जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य करने का भी निर्देश दिया है वहीं टीकाकरण अभियान के दौरान भी जन्म प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक होगा उन्होंने कहा कि विकास योजना बनाने में वास्तविक जानकारी और आंकड़ा जरूरी है श्री तिवारी ने ग्रमला जिले को इस अभियान को पायलट प्रोजेक्ट रूप में अपनाने को कहा है क्योंकि जन्म पंजीकरण मामले में गुमला राज्यभर में सबसे नीचले पायदान पर है इसके साथ ही मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को सभी सिविल सर्जन कार्यालय को कहा है कि किसी कर्मी को जन्म मृत्यू निबंधन के लिए अधिकृत करें छात्र छात्राओं में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक स्कूल के दो शिक्षकों को स्वास्थ्य और स्वच्छता दूत बनाया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल नई दिल्ली में आयुष्मान भारत के तहत स्कूल में स्वास्थ्य और स्वच्छता दूत कार्यक्रम की शुरूआत की इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस योजना को दूरगामी परिणाम वाला बताया खूंटी जिला प्रशासन की ओर से कर्रा प्रखण्ड की लरता पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि समस्याओं के निराकरण की पहल की जाएगी खूंटी जिला को बेहतर और भयमुक्त बनाने की आवश्यकता है जिले में बढ़ती सड़क द्र्घटनाओं में कमी लाने को लेकर उपायुक्त ने सुरक्षा के मद्देनजर हेलमेट लगाने की अपील की उन्होंने बताया कि प्रखंड स्तर पर सितंबर से अक्टूबर के बीच कोल्ड स्टोरेज का कार्य शुरू किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय देशभर में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम चला रहा है यह इस महीने की अठाइस तारीख तक जारी रहेगा इस कार्यक्रम के तहत झारखंड के पारंपरिक खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है झारखंडी परिवेश से निकले इन व्यजनों में यहां की मिट्टी की ख्रशब् भी आती है कई सहायक व्यंजन तो ऐसे हैं जो यहां के जंगलों की पत्तों और पत्तियों से बनते हैं जिसका युवा वर्ग काफी लुत्फ उठा रहे हैं वहीं यहां के व्यंजनों का आज के समय में रोजगार से भी सीधा रिश्ता है अरुणा तिर्की पंदह सालों तक ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने के बाद पारंपरिक व्यंजनों की खोती प्रतिष्ठा को बचाने के अभियान में जुटी है और उससे रोजगार के नए आयाम भी गढ़ रही है आज विश्व रेडियो दिवस है यह दिवस रेडियो के महत्व के बारे में आम जनता और समाचार माध्यमों में जागरूकता बढ़ाने तथा रेडियो के जरिये सूचना उपलब्ध कराने के लिए नीति निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और विविधता रेडियो मानवता की रक्षा और लोकतांत्रिक चर्चा का सशक्त माध्यम रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चौदह जनवरी दो हजार तेरह को विश्व रेडियो दिवस मनाने के यूनेस्को के फैंसले को औपचारिक स्वीकृति दी थी और तेरह फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया था उन्नीस में आकाशवाणी की शुरूआत से अब तक इसका काफी विस्तार हुआ है आज आकाशवाणी से बानबे भाषाओं और बोलियों में प्रतिदिन छह सौ सात बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं

उपभोक्ताओं को अब नौ सौ पचीस रूपये देने होंगे

यह व्यवस्था एनएचआई के फास्टैग पर ही लागू होगा डिजीटल शुल्क संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए पंद्रह दिनों के लिए फास्टैग फ्री किया गया है